इस वर्ष नवंबर में वस्तू और सेवा कर जीएसटी कर संग्रह सत्तानवे हजार छह सौ सैंतीस करोड़ रुपये तक पहुंच गया है अक्टूबर में कर संग्रह की राशि एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गई थी विज्ञप्ति के अनुसार तीस नवंबर तक उनहत्तर लाख साठ हजार जीएसटी आर उबी रिटर्न जमा किए गए राज्यों को अगस्त और सितंबर के महीनों के जीएसटी कर के हिस्से के रूप में ग्यारह हजार नौ सौ बाईस करोड़ रुपये दिए गए प्रदेश में बेकार पड़े एक लाख सैंतीस हजार चापाकलों को तीन माह के अंदर हटा दिया जायेगा इन चापाकलों के स्थान पर आवश्यकतानुसार नये चापाकल लगाने का काम होगा बेकार पड़े चापाकलों को हटाने के लिये एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपात मोबाइल एप के तहत समूचे देश के लिए एक ही नम्बर एक एक दो की घोषणा की है उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं के लिए एक विशेष फीचर होगा जिससे उन्हें तुरंत प्रलिस और स्वयंसेवियों से मदद मिल सकेगी इस बीच केंद्र सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन धमकी और उन्हें आपत्तिजनक सामग्री भेजने के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों को चौबीस घंटे के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग सौ किलोमीटर के बिहटा सरमेरा सड़क के निर्माण कार्य को दिसम्बर दो हजार उन्नीस तक पूरा करने का निर्देश दिया है पटना और नालंदा जिले के कई सड़कों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण पर विस्तृत चर्चा की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा राज्य के नक्सल प्रभावित छह जिलों में पांच सौ इक्कीस किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा ग्रामीण कार्य विभाग ने इसका टेंडर निकाला है गया औरंगाबाद जहानाबाद अरवल नवादा और जमुई में सौ से चार सौ उनचास की आबादी वाले टोलों को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण कार्य मार्च दो हजार उन्नीस तक पूरा कर लिया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जल्द बन जाएगा श्री मोदी ने दरभंगा के लहेरियासराय नेहरू स्टेडियम में मिथिला लोक उत्सव को संबोधित करते हुये कहा कि एम्स के लिए दो सौ एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है इसके अलावा फरवरी में एक सौ अस्सी करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी भवन बनकर तैयार हो जाएगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही दरभंगा से बेंगलुरु और मुंबई के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि प्रदेश में कन्या उत्थान पर बाईस सौ करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लड़कियों के उत्थान के लिये देश के दो सौ चौवालीस जिलों में यह योजना चला रही है केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार सरकार यदि शिक्षा में सुधार के लिये उनकी पच्चीस सूत्री मांग को स्वीकार कर ले तो वे अपना अपमान भी भूलने को तैयार हैं प्रदेश के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत और सेवा निवृत शिक्षकों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिये राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया है राजस्व परिषद बिहार के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह इस कमिटी के अध्यक्ष बनाये गये हैं राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सात दिसम्बर के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर तापमान में गिरावट आयेगी इधर सुबह के समय हवा में नमी की मात्रा तिरासी फीसदी से अधिक होने के कारण पटना और आसपास के इलाकों में ठंड महसूस की जा रही है पटना समेत प्रदेश के एक सौ तैतालीस शहरों में नल से जल योजना का लाभ लेने पर प्रतिमाह बिल चुकाना होगा नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम नगर परिषद और नगर आवास पंचायतों में पानी का बिल वसूल करने से संबंधित नीति तैयार कर ली है राज्य सरकार प्रदेश के दस जिलों की सौ पंचायतों में आश्रय स्थल का निर्माण करायेगी सौ करोड़ की लागत से बनने वाले इन आश्रय स्थलों में बाढ़ के दौरान लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जायेगी पटना के डीएम कुमार रवि ने राशि की निकासी करने के बावजूद क्लास रूम का निर्माण प्रा नहीं करने और निर्माण का आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के मामले में पैंतालीस प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न कोटि के पदों पर चल रही नियुक्ति के संदर्भ में अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि वे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दलालों के झांसे में न आयें विधानसभा सचिवालय की वेबसाईट पर इस संबंध में डाली गयी सूचना में अभ्यर्थियों को सावधान करते हये कहा गया है कि यदि कोई नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे संपर्क करता है तो इसकी सूचना तत्काल टेलीफोन या ई मेल के माध्यम से विधानसभा सचिवालय को दें ताकि ऐसे तत्वों के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जा सके पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर कैंपस में प्रचार का शोर बढ़ गया है सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं इधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कल होने वाली अध्यक्षीय वाद विवाद के लिये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तीन दिसम्बर को पटना कॉलेज मैदान में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का भाषण होगा प्रत्येक प्रत्याशी को पांच मिनट का समय दिया जायेगा अठारह दिसम्बर को होने वाली आईपीएल की नीलामी में बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी शामिल किया जायेगा बीसीसीआई के महाप्रबंधक ऑपरेशन सबा करीम ने पटना में कहा कि बिहार क्रिकेट संघ की ओर से भेजी गयी क्रिकेटरों की सूची को फ्रेंचाईजी की अनुमति से नीलामी में शामिल किया जायेगा पटना में खेली जा रही जिला जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में तृप्ति वर्मा ने खिताब जीत लिया जबकि बालक वर्ग में मोहित झा विजेता बने ओडिशा के कटक में खेली गयी सीनियर वीमेन वन डे क्रिकेट में नागालैंड ने बिहार को एक सौ चौबीस रनों से हरा दिया पटना सिटी में राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया पूर्व मध्य रेलवे के गया डेहरी ऑन सोन रेलखंड पर मेगा ब्लॉक के कारण डेहरी से गया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या पांच तीन तीन छह तीन का परिचालन आज रद्द रहेगा वापसी में भी यह ट्रेन रद्द रहेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उपभाक्ताओं के लिये एक नयी योजना पेश की है इसके अंतर्गत पांच किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर बिना पहचान पत्र के ही भुगतान देने पर तत्काल उपलब्ध हो जायेगा प्रदेश के सात जिलों के विभिन्न प्रखण्डों के वार्डों में हर घर नल से जल की आपूर्ति योजना के लिये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने छत्तीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है राजधानी पटना में पॉलीथिन के प्रयोग को रोकने के लिये आवास और नगर विकास विभाग की बैठक आयोजित की गयी

और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अगल खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान लिखता है सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से बढ़े जमीन के झगड़े दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने को जी ट्वेंटी में सहयोग की जरूरत प्रभात खबर का शीर्षक है श्रीराम की भक्ति में डूबी दिनकर की नगरी सिमरिया धाम दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में बैंको की मॉनिटरिंग के लिये निदेशालय बनायेगी सरकार